आकाशवाणी पर आज सवेरे मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष रेलगाडियों समेत ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उन्होंने कहा कि विमान सेवाएं भी फिर श्रू हो गई है और अब उदयोग भी सामानय स्थिति की ओर लौट रहे हैं श्री मोदी ने सचेत किया कि लॉकडाउन के नियमों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और लोगों को एक दूसरे से मिलते जूलते समय दो गज की दूरी बनाए रखने मास्क पहनने और जहां तक संभव हो घर पर ही रहने जैसे नियमों का पालन करना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर च्नौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह द्वनिया के अन्य भागों में फैला

प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते ह्ए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का आनंद है और ये भारत की जीवन शैली है

जिसमें वे लॉकडाउन में नई रियायतों की घोषणा कर सकते हैं श्री चौहान के संदेश का प्रसारण दूरदर्शन एवं सभी क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स पर होगा

इस बीच जिले में अब कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है

दमोह में कल शाम एक बार फिर से जिला चिकित्सालय से दो मरीजों को स्वस्थ्य होने के बाद डिस्चार्ज किया गया

अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं